उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कांफेंन्स के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देशभर से मिले दो लाख से अधिक लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाए सीखने पर जोर देती है और वह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढाएगी

प्रदेश में आज से विभिन्न धार्भिक स्थल खुल गए है हालांकि कई प्रसिद्ध मंदिर कोरोना संकमण के बढते मामलों को देखते हुए नहीं खोले गए है करौली जिले में स्थित कैलादेवी और मदनमोहन जी मंदिर जैसलमेर के प्रसिद्ध रामदेव मंदिर और तनोट माता मंदिर और बांसवाडा का त्रिपुर सुंदरी मंदिर आज से लोगों के दर्शनों के लिए खोल दिए गए है अजमेर के विश्वविख्यात ख्वाजा साहब की दरगाह और पुष्कर के मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुल गए है उधर सवाईमाधोपुर का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर और राजसमन्द का प्रसिद्ध श्रीनाथजी मंदिर फिलहाल श्रद्वालुओं के लिये नहीं खूल सकेंगे वहीं राजधानी जयपुर के गोविन्द देव जी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर भी अभी श्रद्दालुओं के लिये नहीं खोले जायेंगे

इस दौरान नुक्कड नाटको और गीतों के जरिए सुरक्षा संदेश दिए जायेंगे एनएचएम के निदेशक नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि रथ में भिस्ड कॉल रेडियो नोबत बाजा के बारे में आमजन को जानेकारी दी जाएगी